राज्य भर में आज दो कोरोना मरीजों की मौत हो गई है इसी के साथ कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या तैतीस हो गई है जबकि संक्रमितों की संख्या तीन हजार सात सौ तिहतर पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर राज्य में अब तक दो हजार तीन सौ आठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं अब तक कल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार चार सौ बत्तीस है वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर इकसठ प्रतिशत हो गई है

वही प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है इसके अलावा चंदवारा प्रखंड के एक संक्रमित बुजुर्ग की इलाज के दौरान रांची में मौत हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित बुजुर्ग किडनी रोग से ग्रसित था हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है इसके तहत शिक्षक और छात्रों को स्कूल आने से मना कर दिया गया है ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत रांची स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ साहदेव जिला स्कूल से की गई है इस प्रक्रिया के तहत दसवीं पास विद्यार्थी ग्यारहवीं के कला विज्ञान वाणिज्य और व्यावसायिक संकाय में नामांकन करा सकते हैं जिला स्कूल के प्राचार्य एके सिंह ने बताया कि स्कूल में नामांकन के लिए छात्रों की भीड़ जमा होने से रोकने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि दूर ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी भी घर बैठे अपना नामांकन आसानी से करा सकें उन्होंने बताया कि नामांकन के बाद सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास से जोड़ा जाएगा श्रीसिंह ने बताया कि स्कूल की ओर से नामांकन के लिए एक विशेष लिंक जारी किया गया है जिसपर क्लिक करते ही छात्रों से उनकी जानकारी मांगी जाएगी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

जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा रखी है इसलिए भक्त बाबा का ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं बाबाधाम में सुबह शाम होने वाली सरकारी पूजा और श्रंगार प्रजा का टेलीविजन और वेब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है इधर दुमका के बाबा बासुकिनाथ मंदिर में विशेष प्रातःकालीन पूजा संपन्न हुई मंदिर के पुजारी सदाशिव पंडा और उनके सहयोगियों ने बाबा बासुकिनाथ की विधि विधान से पूजा की मंदिर के पुजारी जनार्दन पंडा ने बताया कि बासुकिनाथ मंदिर के इतिहास में यह पहला साल है जब सावन के महीने में पूरा मंदिर क्षेत्र सूना है

अब अगले साल इस कोर्स के लिए फिर से अप्लाई करने को कहा गया है एमसीआई ने असोसिएट प्रोफेसर पद पर योग्य व्यक्ति नहीं मिलने के कारण कोर्स शुरू करने पर रोक लगायी है गौरतलब है कि एमसीआइ ने कोर्स शुरू करने को लेकर निरीक्षण किया था उस समय क्रिटिकल केयर के असोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ सैफ पर सवाल उठाए गए थे इसके बाद तत्कालीन निदेशक डॉ डीके सिहं ने दोबारा एमसीआई से सर्वे के लिए आग्रह किया था रामगढ़ जिले के किसानों को अब खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मेघदूत मोबाइल एप्लीकेशन से मोबाइल पर ही मिलेगी इस मोबाइल एप्लीकेशन के शुरू होने से एक तरफ प्रधानमंत्री के किसानों की आय को दोगुना करने वाले सपने को साकार करने में बल मिलेगा तो दूसरी तरफ किसान बेवजह मौसम की मार से होने वाले फसलों के नुकसान से भी बचेंगे

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखंड द्वारा आयोजित सेमिनार को वेबिनार के माध्यम से संबोधित किया